त् झारखंड विधानसभा में आज भूख से मौत के मामले की जांच विधानसभा समिति द्वारा कराने की मांग को लेकर भाजपा विधायकों ने किया हंगामा

उन्होंने अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी आग्रह किया कि वे आगे के उपायों पर विचार विमर्श करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल शाम नोवेल कोरोना वायरस पर अंकृश लगाने के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की इसमें जांच सुविधाओं को और बढ़ाने के साथ ही भारत की तैयारियों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई

विष्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवेल कोरोना वायरस के संकमण को वैष्विक महामारी घोषित किया है इससे निपटने और लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देष्य से खूंटी जिला प्रषासन ने पूरे जिले में धारा एक सौ चौवालीस लगा दी है इस बीच केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं

उधर काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इग्जामिनेशन ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी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

इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाईन नम्बर भी जारी किये हैं

पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने मीडिया के साथ वर्कशॉप आयोजित कर पत्रकारों को कोरोना से संबंधित डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया और बचाव के तरीके भी बताए ताकि मीडिया दूर दूर तक आम जनता के बीच कोरोना को लेकर जागरूकता फैलाए

राज्य में कोरोना से संबंधित जांच या इलाज से इनकार करने पर अस्पतालों और डॉक्टरों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नीतिन मदन क्लकर्णी ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है जिसमें कहा गया है कि संदिग्ध मरीजों को आइसोलेषन वार्ड में जबरन भी रखा जा सकेगा

इनमें विश्वविद्यालय की परीक्षाएं भी शामिल हैं

हजारीबाग जिले में कोरोना संकमण को रोकने के लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं

तेलंगाना में इनकी संख्या तेरह हो गई है

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना जागरूकता श्रृंखला पर परिचर्चा प्रसारित करेगा यह परिचर्चा एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से सुनी जा सकती है

झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के बारहवें दिन आज कार्यवाही की हंगामेदार शुरूआत हुई भाजपा विधायक भानू प्रताप शाही ने सदन में भूखल घासी की भूख से मौत का मामला उठाया और इसकी जांच विधानसभा समिति द्वारा कराने की मांग रखी इसके बाद भाजपा के कई विधायक वेल में आकर नारे बाजी करने लगे

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार जल्द ही भूमि अधिग्रहण और मुआवजा विवाद का निष्पादन करेगी इसके लिए विस्थापन आयोग का गठन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने भूमि अधिग्रहण कानून का उल्लंघन किया है

राज्य सरकार ने समग्र षिक्षा पर वित्तीय वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में दो हजार नौ सौ साठ करोड़ रुपये खर्च करने का फैसला किया है झारखंड षिक्षा परियोजना परिषद कार्यकारिणी समिति की बैठक में कल मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने पिक्षा विभाग के दो हजार नौ सौ साठ करोड रुपये के बजट प्रस्तावों को अनुमोदित कर केंद्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्देष दिया है

राज्यसभा के लिए महाराष्ट्र से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और केन्द्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले सहित सात उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं अन्य निर्वाचित सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी के दो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शिवसेना और कांग्रेस के एक एक उम्मीदवार शामिल है

संक्षिप्त खबरें गोड्डा जिले मेहरामा थाना क्षेत्र में कल रात जलने से एक आंगनबाड़ी सेविका की मौत हो गई